प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होने और स्वच्छ भारत का निर्माण करने का आह्वान किया है ट्वीट और विडियो संदेशों में श्री मोदी ने कहा है कि शनिवार से आरम्भ हो रहा यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि देने का शानदार तरीका है जन जन में है बल जन जन में है बल स्वच्छ हो रहा हमारा वतन अब आया है संकल्य का पल अब आया है संकल्य का पल जीतकर रहेगे स्वच्छता का जंग इस भाव के साथ स्वच्छता ही सेवा के इस आंदोलन के माध्यम से एक स्वच्छ भारत को पूज्य बापू के चरणों में समर्पित करें ताकि स्वच्छ स्वस्थ और समृद्ध भारत ये जो उनका सपना था इसको पूर्ण करने में हम सब कामयाब हों प्रधानमंत्री ने कहा है कि दो अक्तबर से गांधीजी की एक सौ पवासवीं जयंती समारोह का श्मारंम होगा और यह स्वच्छ भारत मिशन के चार साल पूरे होने का अवसर भी होगा श्री मोदी ने कहा कि वे इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए परिश्रम करने वालों से मुलाकात का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं मैं सभी देशवासियों का आस्वान करता हूं हर कोई अभी से योजना बनाए कहां सफाई करेंगे उसके लिए औरों को कैसे जोड़ेंगे मोटिवेट कैसे करेंगे सफाई के इतने बड़े अभियान के लिए साधनों को कैसे लाएंगे

पहले बुछ देर वीडियो कोफ्रेंस और दूरदर्शन के माध्यम से उन सब लोगों की बातें सुनेगे जिन्होंने स्वाच्छता की दिशा में कुछ न कुछ कर के दिखाया है और उसके बाद हम सब स्वक्छता ही सेवा के अभियान में स्वयं जुड़ जाएंगे

इस योजना का लक्ष्य दो हजार अट्ठारह के आम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना है

किसानों की आय की संरक्षा में भारत सरकार द्वारा यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है कि खरीद संचालन में निजी भागीदारी की आवश्यकता है जिसे अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाया जा सके उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही खरीफ फसलों का अधिकतम समर्थन मूल्य डेढ़ ग्ना कर दिया है प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री परिवहन ऊर्जा और प्रोटोकाल स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि यात्रियों की सुक्विधा के लिए अगले वर्ष फरवरी तक सभी जिला मुख्यालयों को एसी बसों से जोड़ा जायेगा इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस वर्ष नवम्बर तक निर्मया फंड से पचास पिंक बसे महिला चालक और परिचालकों की जिम्मेदारी में चलेंगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क से जुड़े समी गांवों को दो हजार बाईस तक रोडवेज बसों से जोड़ने का लक्ष्य है श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश को जल्द ही एक हजार नई साधारण एवं एसी बसें मिलेंगी उन्होंने बताया कि कुंम मेले के दौरान पांव सौ नई बसें चलाई जायेंगी जिसमें यात्रियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्तर स्लीपर बसे भी संचालित होगी महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जानलेवा ऑनलाइन खेल मोमो चैलेंज को लेकर परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने अभिमावकों को सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है ताकि उन्हें इस खेल से दूर रखा जाए मंत्रालय ने कहा है कि यह खेल सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध है इसलिए अभिमावकों को चौकस रहना चाहिए मोमो चैलेंज गेम के कई चरणों में खुद को नुकसान पहुंचाना होता है और आत्महत्या करने की चुनौती दी जाती है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पेट्रोल के साथ मिश्रण करने के लिए गन्ने के रस और शीरे से बनाये जाने वाले एथनॉल की कीमत में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को मंजूरी दे दी है पेट्रोलियम और गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रघान ने कहा कि शत प्रतिशत गन्ने के रस से प्राप्त एथनॉल का खरीद मृत्य सैंतालिस रूपये तेरह पैसे से बढ़ाकर उन्सठ रूपये तेरह पैसे कर दिया गया है इसके अलावा बी श्रेणी के शीरे से बने एथनॉल की कीमत बावन रूपये तैंतालीस पैसे करने की बात श्री प्रधान ने कही देश का जितना शुगर केन उपज हो रही है उससे शुगर सरप्लस हो रहा है शुगर कम बने आवस्यकता के हिसाब से बने इसके लिए उसके अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बी हैवी का एक रूट हमने दिया

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से चीनी के अतिरिक्त उत्पादन में कटौती करना गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों के पास नकदी में वृद्धि और एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए उच्च गुणवत्ता के एथनॉल की आपूर्ति हो सकेगी अगस्त माह में खुदरा मंहगाई की दर तीन दशमलव छह नौ प्रतिशत रही जो पिछले दस महीनों में सबसे कम थी मंहगाई में ये गिरावट फलों सब्जियों और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई कमी के कारण दर्ज की गई ये दर रिजर्व बैंक के मध्यावधि लस्य चार प्रतिशत से भी कम रही है प्रदेश में पर्यावरण पर प्लास्टिक निर्मित पदार्थो के उत्पादों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने क्रमबद्द तरीके से प्लास्टिक के कैरीबैग प्लेट चम्मच गिलास व थर्माकोल से निर्मित कटलरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है कल प्रदेश के पर्यावरण एवं वन मंत्री दारासिंह चौहान की मौजूदगी में लखनऊ स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय में एक ऑन लाइन प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक प्रदृषण को रोकने एवं प्लास्टिक वेस्ट के सुरक्षित और समुचित निस्तारण के लिए अभिनव क्विारों हेतु यह ऑन लाइन प्रतियोगिता बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ईकथॉन शुरू की गई है इस प्रतियोगिता के दस उल्लेखनीय विचार वाले प्रतियोगियों को आगामी दो अक्टूबर को प्रस्तति हेत् बुलाया जायेगा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः बीस पन्द्रह और दस हजार रूपये प्रदान किये जायेंगे इच्छुक प्रतिभागी डब्ल्यूडब्ल्यू यूपीपीसीबी कॉम पर छबीस सितम्बर तक अपनी प्रविष्टियां ऑन लाइन भेज सकते हैं कल बिजनौर के नगीना रोड स्थित मोहित केमिकल फैक्ट्री में ब्वायलर फटने के कारण छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये कारखाने के आठ अन्य कर्मचारियों के झुलसने की भी खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मजदूरों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इन खबरों का खंडन किया है कि आधार पंजीयन सॉफ्टवेयर को हैक किया जा रहा है एक बयान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व जानबूझ कर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो अनुवित है प्राधिकरण ने कहा कि आधार में किसी भी निवासी के विवरण की सुरक्षा का शुरू से आखिर तक पुख्ता प्रबंध किया गया है जिससे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती